हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री कृषि के माध्यम से हिमालयी लोगों की भावी पीढ़ी के कल्याण विषय पर चर्चा करेंगे सम्मलेन में कृषि पर्यटन व जलविद्युत परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुददों पर विचार विमर्श किया जाएगा सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू मी शामिल होंगे

मुख्य न्यायाघीश न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे शपथ ग्रहण समारोह राजमवन में होगा जहां राज्यपाल आचार्य देववत उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल के सदस्य और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे इसके बाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार ने पिछले करीब नौ वर्षों से तदर्थ आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्यों को नियमित करने का निर्णय लिया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग में पिछले लंबे समय से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर ही हो रही थी जिससे इन्हें वित्तीय लामों से वंचित रहना पड़ रहा था

गोविंद ठाकुर राज्य की महिला खिलाड़ियो ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है

आकाशवाणी संगीत आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हर वर्ष देश भर में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर पैट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल का एक जैसा शीर्षक है पैट्रोल डीजल पांच रूपए सस्ता

पंजाब केसरी के अनुसार बस किराए में कटौती की संभावना दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल ने मांगा अंतरिम राहत पैकेज

आपका फैसला की सुर्खी है प्रधानमंत्री मोदी से जयराम ने मांगा हिमाचल के लिए डिफेंस एयरपोर्ट विजीलेंस ने कोर्ट से मांगी पी मित्रा के पोलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी अमर उजाला की सुर्खी है

जबकि दिव्य हिमाचल के अनुसार पी मित्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं विजीलेंस हिमाचल में जेल सुधारों पर नवीन पहल आतंकी बना रहा सदरी चरस तस्कर शॉल दैनिक जागरण की सुर्खी है आपका फैसला लिखता है शिक्षा व खेती के गुर लाएंगे कैदियों के जीवन में बदलाव दैनिक भास्कर के अनुसार सरकार की मंजूरी मिली तो कैदियों की तैयार यूनिफार्म पहनेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र हर महीने एक हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार डिग्री डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सीएसआर के तहत प्रदेश सरकार नामी कंपनियों से करेगी बात एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय नशे पर गंभीरता में लिखता है कि इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लोग जागरूक हों और देखने के बावजूद अनदेखी करने की आदत छोड़ दें तो निःसंदेह समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा